सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने इससे संबंधित एक सौ चौबीसवां संविधान संशोधन विधेयक आज सदन में पेश किया केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने कल विधेयक पेश किये जाने के फैसले को मंजूरी दी थी

विधेयक का उद्देश्य मजदूर संघों की मान्यता के प्रावधान के लिए श्रमिक संघ अधिनियम एक हजार नौ सौ छब्बीस में संशोधन करना है श्रम और रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि अब तक श्रमिक संघों की मान्यता के लिए कोई कानूनी ढांचा नहीं है ये विधेयक इस मुद्दे का समाधान करेगा सूचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा है कि आकाशवाणी के समाचार बुलेटिनों को निजी एफएम चैनलों के साथ साझा किया जाना देश के नागरिकों को सूचना के माध्यम से सशक्त बनने की दिशा में एक शानदार पहल है आज नई दिल्ली में आकाशवाणी के समाचार ब्लेटिनों को एफ एम चैनलों से साझा करने के श्भारंभ समारोह में उन्होंने कहा बेसिक रीजन ऑफ सेटिंग अप मल्टीपल रेडियो स्टेशन मल्टीपल मीडिया हाऊसेज इज टू गिव मोर ऑपरव्यूनिटीज एंड मोर एव्यून्यूज फॉर दी इंडियन सिटीजन एक्सेस वेरियस इंफॉरमेशन इंटरटेनमेंट एंड एजुकेशन हिन्दुस्तान के जितने भी रेडियो स्टेशन हैं सब एकजुट होकर अपने नागरिकों को हम इनफॉरमेशन और एजुकेशन वहां तक पहुंचाएं श्री राठौड़ ने निजी एफएम चैनलों का आकाशवाणी के साथ सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय समाचारों के प्रसारण के लिए भी स्थानीय चैनलों के साथ इसी तरह के सहयोग की संभावनाओं पर विचार किया जा सकता है इस अवसर पर प्रसार भारती के अध्यक्ष ए सूर्य प्रकाश ने इस शुरूआत को निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के प्रसारकों के लिए एक शानदार अवसर बताया आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की महानिदेशक ईरा जोशी ने कहा कि इससे निजी चैनलों द्वारा समाचारों के प्रसारण की एक पुरानी मांग पूरी हो गई है भारतीय रेडियो ऑपरेटर्स एसोसिएशन की प्रमुख अनुराधा प्रसाद ने भी इस सहयोग को समाचार प्रसारण के क्षेत्र में एक अच्छी शुरूआत बताया है इस अवसर पर सूचना और प्रसारण सचिव अमित खरे और प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पटि भी उपस्थित थे निजी एफ एम चैनल इस साल इकतीस मई से आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग के समाचार बुलेटिनों का परीक्षण के तौर पर प्रसारण करने लगेंगे इसके अंतर्गत निजी प्रसारकों को हिन्दी और अंग्रेजी बुलेटिनों का ज्यों का त्यों प्रसारण करने की अनुमति होगी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की उपस्थिति में नार्वे की प्रधानमंत्री एर्ना सोलबर्ग इस कार्यक्रम में उदघाटन भाषण देंगी इस वर्ष के संवाद का विषय है विश्व व्यवस्था में नये समीकरण डगमगाती साझेदारियां और अनिश्चित परिणाम इस संवाद में तिरानबे देशों के छः सौ से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे

वे इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला हैं उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसंधान विभाग के इकोनॉमिक काउन्सलर और डायरेक्टर मॉरिस ऑक्टफेल्ड का स्थान लिया है जो इकतीस दिसंबर को सेवा निवृत्त हो गये

केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि इस ऐप पर आधारित भुगतान का मूल्य पिछले साल दिसंबर में एक लाख दो हजार पांच सौ चौरानबे करोड़ रुपये था श्री प्रसाद ने बताया कि भीम वित्तीय लेन देन का अनूठा माध्यम है जो लोगों में बह्त लोकप्रिय है

एप से मेला अवधि के दौरान चलने वाली सभी रेलगाड़ियों की जानकारी उपलब्ध रहेगी इसके अतिरिक्त इससे आरक्षित और अनारक्षित रेल टिकट भी खरीदे जा सकते हैं

इटावा जिले के सिविल लाइन्स क्षेत्र में आज एक बेकाबू ट्रक की चपेट में आ जाने से मोटरसाइकिल सवार तीन संविदा सफाईकर्मियों की मृत्यु हो गयी बहराइच जिले के कैसरगंज क्षेत्र में लखनऊ बहराइच मार्ग पर एक तेज रफ्तार वाहन ने बाईक सवार तीन युवकों को ठोकर मार दी जिससे उनकी मौत हो गयी